बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के विभिन्न क्षेत्रों को केवडिया से जोड़ने वाली आठ ट्रेनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया ये ट्रेन स्टेचयू ऑ यूनिटी को निबार्ध सम्पर्क की स्विधा प्रदान करेगी इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज का हमारे दिन लिए ऐतिहासिक है क्योकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुदंरता को ऊजागर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार देश भर की आठ ट्रेनों का एक गंतव्य के साथ जोड़ा गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारतीय रेल मिशन और सरदार बल्लभ भाई पटेल के दृष्टिकोण का सयोग है

श्री मोदी ने कहा कि यह देश का न्या पर्यटन स्थल बन रहा है और यह अन्मान है कि आने वाले वर्षो में एक लाख लोग प्रतिदिन केवडिया जायेंगे प्रधानमंत्री ने कहा हम स्निश्चित करते है भारतीय रेलवे न केवल नई आत्मनिर्भर प्रोद्योगिकियों का उपयोग करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण के अनुकूल है उन्होंने कहा कि सुंदर केवडिया एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे अर्थव्यवस्था पर्यावरण दोनों को योजनाबद्ध तरीके से पर्यावरण की रक्षा करते हुये तेज़ी से विकसित किया जा सकता है भारत रतन एम जी रामाचन्द्रन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हये श्री मोदी ने कहा कि आज केवडिया के लिए रवाना होने वाली रेलगाडियों में एक पुरानी तलाईवर डॉ एम जी रामाचन्द्रन रेलवे स्टेशन से आ रही है उन्होंने कहा कि यह एक स्खद संयोग है कि आज भारत रतन से सम्मानित एमजीआर की जयंती है भारत में सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक्ता औ लाने और सड़क दूर्घटनाओं को कम करने के लिए कल से राष्ट्रीय सड़क स्रक्षा माह का श्भारंभ हो रहा है उदघाटन समारोह नई दिल्ली में होगा और राष्ट्रीय सड़क स्रक्षा माह का श्भारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री सेवा निवृत जनरल वी के सिंह और नीति आयोग के म्ख्स कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि जबकि हरियाणा भण्डारण निगम के अध्यक्ष एवं विधायक नयन पाल रावत ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भारत की विश्व में अलग पहचान बनाई है आज देश का खजाना और देश की सीमाएं सुरक्षित है श्री गूर्जर ने कहा कि तीनों कृषि विधेयक किसानों के हक में हैं ये विधेयक किसान की आय दोग्नी होने में कारगर सिदध होंगे

अम्बाला नगर निगम के शहरी परियोजना अधिकारी ने बताया कि सरकार की अधिसूचना के अन्सार सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाये जाने अति आवश्यक है उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी नागरिक सुविधा केन्द्र में जाकर पहचान पत्र बनवाये ताकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें

इन र्जी र्मो ने धोखाधड़ी के माध्यम से चार सौ चौंसठ करोड़ रूपये से अधिक की राशि का गोलमाल कर सरकारी खज़ाने को नुकसान प्रहंचाया इन जालसाज़ों की सांठगाठ न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में सक्रिय थी प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि इन व्यक्तियों ने र्जी ई वे बिल के माध्यम से माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना कई र्मो और कंपनियों को र्जी चालान जारी किये और जीएसटी ार्म के माध्यम से जीएसटी पोर्टल पर े क इनप्ट टैक्स क्रेडिट किये श्री यादवन ने जीएसटी घोटाले में शामिल रैकेट का भंडा ोड़ करने के लिए डीजीपी क्राईम म्हम्मद अकील और उनकी पूरी टीम की सराहना की डीजीपी ने बताया कि इन जीएसटी चालान घोटाले में शामिल प्रमुख सामान स्क्रैप आयरन और स्टील आर्टिकल्स कॉटन यान पेपर आदि थे